प्रदेश में सड़क सुरक्षा पर जन जागरूकता के लिए आज से चलाया जायेगा एक माह का जागरूकता अमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के दिये निर्देश

राज्य में पिछले छत्तीस घंटों में कोरोना के चार सौ चार नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान छः सौ बयासी मरीज हुए स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के छह लाख दस हजार लामार्थियों को लगभग दो हजार छः सौ इक्यानबे करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की इसमें पांच लाख तीस हजार लामार्थियों को जारी की गई पहली किस्त और अस्सी हजार लामार्थियों की दूसरी किस्त की राशि शामिल है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि यह योजना आत्मनिर्मर भारत का प्रतीक है यह ग्रामीण लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना मकान हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि देश के गरीबों के लिए इस योजना के तहत अब तक दो करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं इसके तहत उत्तरप्रदेश में कुल बाईस लाख मकान बनाए जाने हैं गांव में रहने वाले गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रषानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई है

इस लक्ष्य को पूरो करने के लिए बीते ववॉं में लगभग दो करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाये गए

इन घरों को बनाने के लिए करीब करीब उंद ताख करोड़ रूपये अकेले केन्द्र सरकार ने दिए इन मकानों को महिला सशक्तीकरण का उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें से ज्यादातर महिलाओं के नाम हैं प्रधानमंत्री ने प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की सराहना की कोरोना के ये काल खण्ड जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा दुनिया पर पड़ा मानव जाति पर पड़ा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपने प्रयासों को रूकने नहीं दिया जारी रखा तेज गति से आगे बढ़ाया जो प्रवासी बंबू हमारे गांव लौटकर आए थे उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए यूपी ने जो काम किया उसकी भी काफी प्रसंसा हुई है

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को ग्रामीणों के लिएउ महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाम उठाने को कहा क्योंकि इससे उन्हें बैंकों से आसानी से ऋण मिल सकेगा और उनकी जमीन की कीमत भी बढ़ेगी गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है यूपी के मी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्व किया जा रहा है मैपिंग कराई जा रही है ताकि लोगों की संपति सरकारी रिकार्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जायेंगे

स्वामित्व योजना का अच्छा प्रमाव अब गांव में बने घरों और जमीनों की कीमतों पर भी होगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि मंत्रालय द्वारा इस वित्त वर्ष में पहली बार दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जाता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक चौदह लाख इकसठ हजार लामार्थियों को मकान मिल चुके हैं और इस वर्ष सात लाख दस हजार आवेदन मंजूर किए गए हैं श्री योगी ने कहा कि अब राज्य के लगभग हर गाँव में इस योजना के तहत बनाए गये मकान देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के आवास के सपने को साकार किया है आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रघानमंत्री आवास योजना शहरी भी हमें देखने को मिलता है यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रवानमंत्री जी की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खीरी चित्रकूट वाराणसी अयोध्या और सहारनपुर जिलों के लाभार्थियों से भी बात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा माह की सभी गतिविधियां अंतर्विमागीय समन्वय के साथ संचालित की जायें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विमिन्न विमागों की समीक्षा कर रहे थे गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता के लिए आज से बीस फरवरी तक एक माह का यह अभियान प्रदेश भर में चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि जनपदों में गौ आश्रय स्थलों और गौशालाओं का नियमित निरीक्षण किया जाये तथा संरक्षित गौवंश को सर्दी से बचाने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें चौरीचौरा घटना के सौ वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में उत्सव मनाने की तैयारियां तेज हो गयी हैं अगले माह चार फरवरी से शुरू होने वाले समारोह अगले एक वर्ष तक चलेंगे राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में संयुक्त रूप से चौरीचौरा शताब्दी समारोह का लोगो जारी किया राजभवन में कल आयोजित चौरीचौरा शताब्दी समारोह की राज्य स्तरीय आयोजन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कहा कि शताब्दी समारोह देशवासियों में राष्ट्रमक्ति और देशप्रेम को और प्रगाढ़ करने का अवसर होगा उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन् उन्नीस सौ बाईस की चौरीचौरा घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्रम की महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को भावमीनी श्रद्वाजंलि देने का अवसर है

उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के अमियान में अगले चरण के लिए फट लाइन वर्कर्स का डाटा तेजी के साथ तैयार किया जाये उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण की कार्रवाई भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और मानकों के अनुसार होनी चाहिए राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है और अब तक दो करोड़ पैंसठ लाख छिहत्तर हजार आठ नमूनों की जांच की गई है

उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जातीं तब तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें अरूणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे माता प्रसाद का मंगलवार देर रात निधन हो गया मूल रूप से जौनपुर निवासी श्री प्रसाद लगभग सत्तानबे वर्ष के थे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है